इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां अब तक पचास लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और समी देशवासियों के टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह जागरूकता अभियान कोरोना टीके को लेकर सभी गलतफहमियां दूर करने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान के दौरान आधुनिक संचार उपकरणों से लैस सोलह वैन महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करेंगे

विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आठ सौ लोक कलाकार कोरोना वायरस और इसके टीकों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएंगे व्यापार मेला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर में व्यापार मेला कार्यालय का उद्घाटन किया इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड कायम किया है ग्वालियर प्रवास के दौरान श्री चौहान और श्री तोमर ने ग्वालियर शहर के सुनियोजित विकास के लिए बनाई गई पांच वर्षीय कार्य योजना की समीक्षा भी की यहां उन्होंने स्वसहायता समूहों द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की थीम पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया

अब कुछ समाचार संक्षेप में जबलपुर वन मंडल के सभी वन परिक्षेत्रों में आज से गिद्वों की गणना शुरू हो गई है